कांग्रेस के बागी विधायकों को जारी किए गए नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर आज अदालत में फिर होगी सुनवाई

मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की जताई संभावना विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

इस बीच प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों को जारी किये गये नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दोपहर में फिर सुनवाई होगी

पहली बार याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया संशोधित याचिका शाम पांच बजे फिर प्रस्तुत की गई जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया अब इस मामले की सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जाएगी

थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकृद नरवणे भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे वे वहां पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे चीन के साथ हाल में सीमा पर तनातनी के बाद यह रक्षामंत्री का लद्दाख का पहला दौरा होगा

लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पॉजिटिव लोगों का जल्दी पता लगने से उनका समय पर उपचार हो रहा है

इसमें प्रौद्योगिकी विभाग ने आंशिक रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है भारत बायोटेक द्वारा विकसित टीके को वैक्सीन के बाद यह दूसरा टीका है जिसके प्रयोग की अनुमति केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संस्थान द्वारा दी गई है प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ रेणु स्वरूप ने कहा है कि जाइडस कैडिला द्वारा विकसित यह टीका और उसका मानव पर प्रयोग आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मील का पत्थर है

वेबिनार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉदीपक सक्सेना ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने हिस्से का काम कर रही हैं

राजधानी जयपुर सहित अजमेर बांसवाड़ा बारा बूंदी चित्तौड़गढ़ धौलपुर डूंगरपुर झालावाड़ झुंझुनूं कोटा प्रतापगढ़ राजसमंद सवाई माधोपुर सिरोही टोंक और उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी हैं वहीं कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें